केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक औषधालयों से दवाओं के बिक्री नियमों का मसौदा जारी कर दिया है इसका उद्देश्य देशभर में दवाओं की ऑनलाईन बिक्री का नियमन और विश्वसनीय ऑनलाईन पोर्टल से सही दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है इन मसौदा नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराए बिना ई फार्मेसी पोर्टल से दवाओं की बिक्री भंडारण या प्रचार नहीं कर सकता अधिसूचना में कहा गया है कि ई फार्मेसी कारोबार करने के इच्छुक व्यक्ति को पंजीकरण मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के ऑनलाईन पोर्टल से केंद्रीय लाईसेंस प्राधिकरण में आवेदन करना होगा भारत के औषधि महानियंत्रक डॉ ईश्वर रेड्डी ने कहा कि नियम तय होने के बाद लोग ऑनलाईन फार्मेसी से प्रामाणिक दवाएं ले सकेंगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलो को विकसित करने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है श्री मोदी ने आज मुंगेर जिले के भीम बांध में तीन करोड़ नब्बे लाख की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद यह बात कही उन्होंने वन विभाग के पदाधिकारियों को भीम बांध में पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार का भी निर्देश दिया नेपाल में हुयी भारी बारिश के कारण राज्य की विभिन्न नदियां खतरे के निशान से उपर बह रही है गंगा नदी गांधी घाट में खतरे के निशान से चार सेंटीमीटर उपर बह रही है घाघरा नदी सीवान जिले के दरौली और गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान से एक से दो सेंटीमीटर ऊपर है गंडक नदी गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट और बागमती नदी मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर है वहीं कटिहार जिले में गंगा और कोसी नदी रामायणपुर और काढ़ागोला में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार ड्रमर के समीप बरण्डी नदी भी खतरे के निशान को पार कर गई है जबकि कोसी नदी कुर्सेला के समीप खतरे के निशान से करीब बारह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी के किनारे रहने वाले दर्जनों परिवार सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊंचे स्थान पर जाने लगे हैं जिला प्रशासन की ओर से नदियों और कटाव वाले सम्भावित स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है पंचांग के अनुसार यह पर्व आज और कल दो दिन मनाया जायेगा आज गृहस्थ आश्रम के लोग श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं जबकि वैष्णव मत वाले कल व्रत के साथ पूजन करेंगे राज्य में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम तीन दिनों तक चलेगी जन्माष्टमी पर्व को लेकर प्रदेश भर में मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है पटना के इस्कॉन मंदिर श्रीनागाबाबा ठाकुरबाड़ी भीखमदास ठाकुरबाड़ी सहित तमाम मंदिरों में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच रहें हैं राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं श्री कोविंद ने जन्माष्टमी पर अपने सन्देश में कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और कर्म एक विश्वव्यापी सन्देश देता है उप राष्ट्रपति श्री नायडू ने कहा कि भगवान कृष्ण का भगवद् गीता में फल की चिंता किये बिना कर्तव्य पालन करने का संदेश समूची मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में उम्मीद जतायी कि यह पर्व प्रदेश में सामाजिक समरसता प्रेम और उत्साह के वातावरण को और मजबूत करेगा और बिहार सुखी समृद्ध और विकसित प्रदेश बनेगा

श्री कुमार ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को पचहत्तर प्रतिशत अनूदान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उन्होंने कहा कि इस योजना से फसलों की पारम्परिक पद्धति से सिंचाई की तुलना में लगभग साठ प्रतिशत पानी की बचत होती है इसके साथ ही तीस से पैंतीस प्रतिशत उर्वरक की बचत भी होती है उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपना कर किसान फसलों के उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामचंद्र पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दल दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल करेंगे श्री पासवान ने आज समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीटों के बंटवारें को लेकर एनडीए में कोई विवाद नहीं है उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान एक सौ से अधिक विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ आम लोगों को भी लाभ हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक कम्पार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में छब्बीस दशमलव छह तीन प्रतिशत बच्चे सफल हुए हैं बेगूसराय जिले को दो अक्टूबर तक खुले में शौचमुक्त जिला घोषित करने के लिए शौचालयों के निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर जारी है जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया है कि एक लाख से अधिक शौचालयों के निर्माण के साथ ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा

इस योजना के तहत बनने वाली सडक अब सालों भर आवाजाही के लिए चालू रहती है जिससे शहरों बाजारों तक लोगों का आना जाना सुगम बना रहता है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट मधुबनी संवाददाता की रिपोर्ट जिले के पंडौल प्रखंड में कई ऐसे गांव हैं जहां वरसात के दिनों में लोगों का कीचड के कारण आना जाना मुश्किल था लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना से बनी सडकों ने राह आसान की है शाहपुर के ग्रामीण कैलाशनाथ चौधरी बताते हैं

बच्चों को स्कल जाने दीमार व्यक्तियों को तत्काल स्वास्थ्य लाम होना गावं का सीधा सम्पर्क मुख्य सड़क से हो जाने से लोगों को काफी सुविधा हो रही है इसके लिए सरकार धन्यवाद का पात्र है जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक कहते हैं कि जो पिछडे इलाके छूटे हुए हैं उन्हें जनप्रतिनिधियों के सहयोग प्राथमकिता के आधार पर सडक संपर्क प्रदान करने की पहल की जा रही है

सांसद वीरेंद्र कुमार चौघरी कहते हैं कि उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि उनके संसदीय क्षेत्र झंझारपुर में लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत बनी पक्की सडकों के जाल के कारण मध्यबनी जिले में अच्छी ग्रणवत्ता के सडक संपर्क और पहुंच पथ की सुविधा लोगों को मिली है इससे समाज का हर वर्ग सशक्त हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से अमरनाथ आनंद कटिहार बरौनी रेलखण्ड पर साहेबपूर कमाल और लखमनिया स्टेशन के बीच आज दोपहर तीन बजे रेल पटरी धंसने से करीब एक दर्जन ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है शिवहर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब चार माह में आवास का निर्माण कराने वाले लाभुकों को एक हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी नवादा जिले के वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के पास सकरी नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी वहीं जिले के पकरीबरावा थाना क्षेत्र के चंदाबिगहा गांव के पास एक मोटरसाईकिल पर पेड़ की टहनी गिरने से दो लोगों की मौत हो गयी वहीं एक अन्य घायल हो गया नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के तिनि गांव में स्नान के दौरान तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गयी कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड मुख्यालय में आज उज्ज्वला योजना के तहत तीन सौ लाभुकों के बीच गैस सिलेंडर और चूल्हा का वितरण किया गया